आज सवेरे एक वीडियों संदेंश में प्रधानमंत्री ने कहा कि लोग सामाजिक दूरी बनाते हुए अपने घर में रहें और दिए जलाते समय समूह में एकत्र न हों श्री मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस के कारण लागू किए गए मौजूदा देशव्यापी लॉकडाउन में लोगों ने अभूतपूर्व अन्शासन और सेवा की भावना का परिचय दिया है उन्होंने कहा कि देश को कोरोना वायरस से उपजे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना होगा प्रधानमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के कारण लोग अपने घरों में हैं लेकिन वे अकेले नहीं हैं समूचे देश की सामूहिक शक्ति उनके साथ हैं

उन्होंने कहा कि राज्य के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लॉकडाउन के निर्णय का पूरा सहयोग कर रहे है

प्रधानमंत्री के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ग़हमंत्री अमित शाह और अनेक वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे नोवल कोरोना वायरस के प्रसार के बाद यह दूसरा अवसर है जब प्रधानमंत्री ने म्ख्यमंत्रियों के साथ वीडियों कांफ्रेंस की है

म्ख्यमंत्री ने प्लिस विभाग से किसी भी संदिग्ध प्रवेश को रोकने के लिए सभी बाईस म्ख्य प्रवेश द्वारों की कड़ी निगरानी के अलावा असम के साथ लगे सीमा की निगरानी रखने का अन्रोध किया

उन्होंने सभी सीबीओ गाँव बराह और अन्य स्थानीय संगठनों को भी लॉकडाउन पर लोगों को जागरूक करने के लिए धन्यवाद दिया श्री खांड्र ने कहा कि आवश्यक वस्त्ओं की आपूर्ति की अनधिकृत आपूर्ति के लिए उन्होंने असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ अरुणाचल में आवश्यक आपूर्ति करने वाले सभी वाहनों की मुफ्त आवाजाही पर चर्चा की है

इस ऐप का उपयोग करके लोग कोरोना संक्रमण की आशंका का आकलन कर सकते हैं ब्लूटूथ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स से चलने वाला यह ऐप अन्य लोगों के साथ संपर्क के आधार पर ऐसे संक्रमण का अनुमान लगायेगा

इस ऐप में निजता का ध्यान रखा गया है और इसमें संग्रहित व्यक्तिगत सूचना क्टबद्ध कर दी जाती है

यह ऐप देश की यूवा प्रतिभा का एक अनूठा उदाहरण है